प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सहित अन्य राजनैतिक पार्टियां प्रत्याशियों के नाम को लेकर बैठकें कर रही है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पाली जिले के दौरे पर है श्रीमती राजे पार्टी पदाधिकारियों के साथ प्रत्याशियों के चयन को लेकर विचार विमर्श करने में जुटी हुई है वे आज जिले के रणकपुर में जोधपुर संभाग के कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगी इसके बाद चित्तौडगढ जिले के विधानसभा क्षेत्रों को लेकर मंथन किया जायेगा इससे पहले कल रणकपुर में ही बीकानेर संभाग की सीटों को लेकर चर्चा की गई थी इधर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि पार्टी लोगों की राय से घोषणा पत्र तैयार करेगी जिसके लिये उप समितियां बनायी जायेगी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने बताया कि पार्टी जिताऊ और साफ छवि के उम्मीदवार को टिकट देगी

प्रदेश मे विधानसभा चुनावों को लेकर निर्वाचन विभाग की ओर से दशहरा और दीपावली के बीच स्वीप गतिविधियों के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे हनुमानगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया कि इनमें पदयात्रा ट्रेक्टर रैली मैराथन दौड और दिव्यांग रैली का आयोजन शामिल है

प्रदेशभर में आज से समर्थन मूल्य पर मूंगफली की खरीद शुरू हो गई है इसके चलते हनुमानगढ़ जिले में भी मूंगफली की खरीद की जा रही है इसके लिये जिले में नोहर और रावतसर में दो खरीद केन्द्र बनाये गये है

कृषि में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए आज महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है

विभिन्न राज्यों की महिला किसान महिला उद्यमी कृषि संगठन कृषि वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता इस आयोजन में भाग ले रहे है

अजमेर जिले में जीका वायरस और मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिये आज से स्वास्थ्य दल आपके द्वार अभियान शुरू किया गया है

इस मौके पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है श्री कलाम को भारत रत्न पद्मभूषण और पद्मविभूषण पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया खेल मंत्री राज्यवर्द्वन राठौड ने अब्दुल कलाम को श्रृद्वाजंलि अर्पित करते हुए ट्वीट किया कि श्री कलाम की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्वाजंलि एक राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने देश को ऊंचाईयों तक पहुंचाया केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे

वह शस्त्र पूजा कर जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि ऐसा पहली बार होगा जब कोई वरिष्ठ केन्द्रीय मंत्री पाकिस्तान से लगी संवेदनशील सीमा पर सुरक्षा बलों के साथ त्यौाहार मनाएगा

कर्नल राठौड कल कोटपूतली में आयोजित रक्तमणी सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ग्रामीण युवाओं के लिये कोटपूतली में मिनी स्टेडियम और चार अन्य क्षेत्रों में स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है इस कार्यक्रम में कर्नल राठौड ने स्थैच्छिक रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को सम्मानित किया

झुंझुनू जिले के पिलानी में केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिक्स इजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान सीरी के निदेशक रहे डॉक्टर चंद्रशेखर को वैज्ञानिक और नवीन अनुसंधान अकादमी एसीएसआईआर का कुलपति और बोर्ड ऑफ गवर्नर का चेयरमैन नियुक्त किया गया है डॉक्टर चंद्रशेखर की इस पद पर चार वर्ष के लिए नियुक्ति की गई हैं